मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में मंत्रि परिषद की बैठक शुरू होने के पहले मंत्रि मंडल के सदस्यों से बात कर रहे थे

इससे राज्यों को राशि प्राप्त हो सकेगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि परिषद के सदस्यों को अवगत करवाया कि बजट के प्रावधान आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोलर पंप स्थापित करने के लिए सहायता पर्यटन और पुरातत्व के क्षेत्र में नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि सात नए टैक्सटाइल पार्क प्रारंभ करने की योजना का भी लाभ लिया जाए

इन्हें गैर सरकारी संस्थाओं निजी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों की भागीदारी से खोला जाएगा इस फैसले से इच्छुक स्कूलों और स्वयंसेवी संगठनों को सीबीएसई प्लस प्रारूप वाले शिक्षण संस्थानों को तैयार करने का अवसर मिलेगा ये स्कूल सैनिक स्कूलों की परम्पराओं मूल्यों अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को अपने स्कूलों में समाहित कर सकेंगे रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये सभी सौ स्कूल सैनिक स्कूल समिति से सम्बद्व होंगे और इन्हें कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिले के लिए शारीरिक मानसिक और शैक्षिक रूप से तैयार करना तथा उनमें अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अच्छा आचरण और सोच विकसित करना है

अन्य जिलों में भी में इसी तरह के केंद्र शुरू हुए हैं

इन वेलनेस सेंटर में आयुष चिकित्सा के साथ योग पंचकर्म एवं पैथालॉजी की सुविधाऍ भी उपलब्ध होंगी

शिक्षामंत्री ने कहा कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी आज जारी तिथियों की घोषणा के अनुसार सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चार मई से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षा छह मई से होंगी

नल कनेक्शन राज्य सरकार पूरी तत्परता और गम्भीरता के साथ यह प्रयास कर रही है कि शहरों की तरह ग्रामीण आबादी को भी उनकी उपयोगिता के अनुसार घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये पानी मिल सके राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से प्रदेश में इस कार्य को और गति मिली है

चोर गिरोह सीहोर शहर में पिछले कई महीनों से हो रही महिलाओं के गले से चेन खींचने की वारदातों को अंजाम देने वाले एक सात सदस्यीय के शातिर गैंग को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है

यह चोर गिरोह पिछले कई महीनों से सीहोर भोपाल शाजापुर और राजगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार वारदातें कर रहा था